बिहार में पंचायत चुनाव दलगत आधार पर नहीं होगा

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत में श्री मोदी ने स्थानीय प्रशासन की समस्याओं को सुलझाये जाने की आवश्यकता पर बल दिया उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में संक्रमण की पुष्टि की दर बढ रही है और पंजाब में कोविड मामलों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है

अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यहीं नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउट ब्रेक की स्थिति वन सकती है हमें कोरोना की उस उभरती हुई सैकेंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा और इसके लिए हमें क्वीक और डीसाइसिव कदम उठाने होंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी की रोकथाम के लिए माइक्रो यानी बहुत छोटे पैमाने पर कंटेंनमेंट जोन बनाए जाने की आवश्यकता है

इस पर बडे आग्रह से काम करना चाहिए जिलों में क्यम कर रही पेनडेमिक जो रिस्पोन्स टीम को कंटेनमेंट और सर्विलेस एस ओ पीस इसकी रिओरियेन्टेशन की आदस्यकता रो वो भी किया जाना चाहिए किर से एक बार चार घंटे छह घंटे के लिए बैठकर के चर्चा हो हर लेकल पर चर्चा हो सेंसिडाइव नी करेंगे पुरानी चीजे याद नी करा देंगे और गति नी ला सकते हैं श्री मोदी ने कम से एक वर्ष तक परीक्षण निगरानी और उपचार को लेकर अत्यधिक सावधानी बरतने जाने की आवश्यकता पर बल दिया

प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस के नये म्यूटेंट की पहचान करना भी आवश्यक है श्री मोदी ने आगाह किया कि कोविड टीके की कोई भी खुराक बर्बाद नहीं होनी चाहिए इधर सभी मूख्यमंत्री इस बात पर सहमत थे कि कोविड महामारी के मामलों में बढोतरी को देखते हुए सावधानी बरतने और निगरानी बढ़ाने की आवश्यकता है मुख्यमंत्रियों ने कोविड महामारी से निपटने में प्रधानमंत्री के नेतृत्व की प्रशंसा की केन्द्र सरकार ने कहा कि देश के सत्तर जिलों और सोलह राज्यों में कोविड महामारी के मामलों में पिछले पन्द्रह दिनों में डेढ सौ प्रतिशत बढोतरी हुई है स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव राजेश भूषण ने कहा कि सक्रिय मामले और मृत्युदर दो प्रतिशत से नीचे के स्तर पर बनी हुई है श्री भूषण ने यह भी कहा कि सक्रिय मामलों में से साठ प्रतिशत महाराष्ट्र से हैं श्री भूषण ने कहा कि साठ साल से अधिक उम्र के एक करोड अड़तीस लाख लोगों को भी टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है प्रदेश में तीन लाख पैंतालीस हजार एक सौ नवासी स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड उन्नीस वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई राज्य में टीकाकरण अभियान की शुरूआत के बाद अब तक सोलह लाख बाईस हजार छह सौ इकसठ लाभार्थियों को कोविड से बचाव का टीका लगाया जा चुका है इस दौरान अबतक दो लाख इकसठ हजार दो सौ चालीस मरीज कोविड उन्नीस संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं राज्य में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर निन्यानवें दशमलव दो सात प्रतिशत हो गई है प्रदेश में कोविड उन्नीस से संक्रमितों की संख्या में गिरावट देखी जा रही है वर्तमान में सिर्फ तीन सौ तिरसठ मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है पिछले चौबीस घंटों के दौरान अंठावन नये संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है इनमें सबसे अधिक भागलपुर में सत्रह और पटना में चौदह नये मरीज मिले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि देश के कुछ भागों में फिर से कोविड उन्नीस के मामलों में वृद्धि देखे जाने के बाद अब प्रदेश में भी परीक्षण में तेजी लाई जाएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्य राज्यों से आने वालों लोगे पर निगरानी रखी जा रही है और उनका परीक्षण भी किया जा रहा है

यह पांच सूत्र हैं संकल्प संयम सकारात्मकता सम्मान और सहयोग वहीं एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों से कोविड वैक्सीन लेने के बाद भी पूर्व से बरती जा रही सावधानियों को जारी रखने की अपील की है

बढ़ती गर्मी को देखते हुए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने कहा है कि जहां भी चापाकल की मरम्मत की जायेगी वहां के स्थानीय लोगों और वार्ड सदस्य से लिखवाना अनिवार्य होगा तभी चापाकल की मरम्मति का कार्य माना जायेगा विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अभी पूरे प्रदेश में पचास हजार से अधिक चापाकल बंद पड़े हैं विभाग ने चापाकलों की मरम्मति को लेकर पूरे प्रदेश में पांच सौ बानवे टीमों का गठन किया है गौरतलब है कि राज्य में आठ लाख से अधिक सरकारी चापाकल की है राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव दलगत आधार पर नहीं होगा राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायत आम चुनाव से संबंधित आदर्श आचारसंहिता को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है आयोग के सचिव योगेन्द्र राम ने बताया कि पंचायत चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल के नाम और दल के झंडे का चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किया गया तो उम्मीदवार पर कार्रवाई की जायेगी आयोग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पंचायत चुनाव की मतगणना में एक प्रखंड के कम से कम चार पंचायतों की गिनती एक साथ होगी इधर आयोग के निर्देश पर ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायत चुनाव को लेकर उनसठ प्रखंड विकास पदाधिकारियों को स्थानांतरित कर दिया है शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने कहा है कि कोरोना काल में बंद रहे स्कूल अवधि का पारिश्रमिक अतिथि शिक्षकों को दिया जायेगा विभाग ने माहवार का कार्यदिवस भी तैयार किया है जिसके आधार पर ही इन शिक्षकों को पारिश्रमिक दिया जायेगा निदेशालय ने सभी जिलों से अतिथि शिक्षकों का ब्यौरा तैयार कर पच्चीस मार्च तक भेजने का निर्देश दिया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड विशेष परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी है यह परीक्षा छह से दस अप्रैल तक दो पालियों में आयोजित होगी परीक्षा का प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर चौबीस मार्च को अपलोड किया जायेगा इधर बिहार लोक सेवा आयोग के तत्वावधान में पंचायती राज विभाग में अंकेक्षक पदों पर नियुक्ति के लिए पच्चीस अप्रैल को परीक्षा होगी राज्य के अधिकांश हिस्सों में शुष्क हवा के प्रभाव के कारण तापमान में वृद्धि जारी है पटना में अधिकतम तापमान चौंतीस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो सामान्य से एक डिग्री ऊपर है भागलपुर प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा जहां का अधिकतम तापमान पैंतीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया मौसम विभाग ने कहा है कि अगले अड़तालीस घंटों के दौरान प्रदेश के क्छ हिस्सों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है पटना सिविल कोर्ट के बाहर एक वेंडर की दुकान से कई फर्जी स्टाम्प बरामद किये गये हैं इस छापेमारी में फर्जी स्टाम्प बेचने वाले वेंडर को भी गिरफ्तार किया गया है जिलाधिकारी चन्द्रशेखर सिंह ने बताया कि स्टाम्प वेंडर का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है सारण जिले के अवतार थाना क्षेत्र अंतर्गत डोरीगंज में समस्तीपुर मुफ्फसिल थाने में पदस्थापित दारोगा रवि रंजन प्रताप सिंह की हत्या कर दी गयी मृतक का शव ड़मरी ज़ुआरा स्टेशन के पास बरामद किया गया है गया के सोनाडीहा गैंगरेप मामलें में पास्को कोर्ट ने नौ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है यह मामला वर्ष दो हजार अठारह का है होली के अवसर पर गया से एयर इंडिया की दिल्ली गया वाराणसी विमान सेवा अठाईस मार्च से शुरू होगी एयर इंडिया ने सप्ताह में चार दिन मंगलवार गुरूवार शनिवार और रविवार को यह सेवा तीस अक्टूबर तक के लिए बहाल की है बेतिया के बसंत टोला के पास दो वाहनों की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गयी बीसीसीआई के तत्वावधान में बेंग्लूरू में खेले जा रहे सीनियर महिला एकदिवसीय क्रिकेट ट्राफी के चौथे मुकाबले में बिहार ने मणिपुर को नौ विकेट से पराजित कर दिया है मणिपुर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित पचास ओवरों में पांच विकेट खोकर एक सौ अड़सठ रन बनाये

इधर मुजफ्फरपुर में आयोजित प्रथम बिहार राज्य महिला फूटबॉल लीग में पटना की प्रीमियर स्पोर्टिंग महिला फूटबॉल एकेडमी ने इंदिरा गांधी महिला फुटबॉल एकेडमी मुजफ्फरपुर को तीन शुन्य से पराजित किया पटना की यह टूर्नामेंट में दूसरी जीत है भारत और इंग्लैंड के बीच आज खेले जाने वाले टी ट्वेंटी मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी से प्रसारित किया जायेगा इसके चलते आकाशवाणी पटना से प्रसारित विधान मंडल की समीक्षा कार्यक्रम के समय में परिवर्तन किया गया है आज यह कार्यक्रम शाम चार बज कर तीस मिनट से चार बजकर चालीस मिनट तक प्रसारित किया जाएगा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 विधानसभा में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी की विधानसभा अध्यक्ष पर अमर्यादित टिप्पणी के मामले पर हिन्दुस्तान अखबार ने शीर्षक दिया है मंत्री के बोल से आहत अध्यक्ष मनाने के बाद सदन में लौटें दैनिक भास्कर का शीर्षक है तीन दिन पहले जदयू में आये उपेन्द्र कुशवहा समेत बारह सदस्य विधान परिषद के लिए मनोनीत इनमें छह भाजपा और छह जदयू के दैनिक जागरण ने तीन करोड़ राशन कार्ड रद्द होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने आधार से लिंक न होने के कारण इसे गंभीर मुद्दा बताया प्रभात खबर की सुर्खी है छात्रों का दावा बाहर आया जेईई का प्रश्न पत्र एनटीए ने कहा होगी कार्रवाई

बिहार में पंचायत चुनाव दलगत आधार पर नहीं होगा